इस दौरान कोरोना महामारी के अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आवास वं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं को गति प्रदान करने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि हिमुडा द्वारा कार्य परियोजनाए निर्घारित समय अवधि में पूर्ण की जानी चाहिए हिमुडा के स्मार्ट सिटी शिमला व धर्मशाला के डिपोजिट वर्क्स और अन्य कार्यों की शिमला में कल हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह बात कही शहरी विकास मंत्री ने हिमुडा द्वारा बनाए जा रहे भवनों और प्लॉट की बिक्री के पारम्परिक दृष्टिकोण को छोड़कर आध्रनिक तरीके अपनाने की सलाह दी

आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की शिमला इकाई ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म व मोबाईल ऐप्प से सावधान रहें बैंक की ओर से कल जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोग इस तरह की कंपनीयों व फॉर्म की पूरी जानकारी हासिल करें बैंक ने लोगों से ये भी आग्रह किया की वे अज्ञात व्यक्तियों और अनाधिकृत ऐप्प के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां साझा न करें मौसम जनजातीय क्षेत्रों में आज रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जबकि प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए हैं लाहौल स्पिति जिले के उंचाई वाले क्षेत्रों में आज तीसरे दिन भी हल्की बर्फबारी हो रही है हिमपात से मनाली केलंग दारचा सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गया है और घाटी की अंदरूनी सड़कों पर भी बर्फ जमने से वाहन चलाना जोखिमभरा बना हुआ है किन्नौर जिले में रूक रूक बर्फबारी व वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में एक दो स्थानों पर बर्फबारी जबकि मध्यवर्ती व निचले मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बर्ड फ़लू से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है कोरोना के बीच कांगड़ा में बर्ड फ़्लू की पुष्टि चिकन अंडे की बिकी पर रोक दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कांगड़ा में बर्ड फलू जालंधर और पालमपूर में जांच के बाद भोपाल की लैब ने भी की पुष्टि दैनिक जागरण के शब्द हैं पोंग बांध में बर्ड फ़लू से मरे विदेशी परिंदे दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में बर्ड फ़लू

अजीत समाचार व आपका फैसला के एक जैसे शब्द हैं पौंग झील में बर्ड फ़लू की दस्तक चार उपमंडलों में मुर्गा एवं अंडे की बिकी पर लगाई रोक पंजाब केसरी की एक खबर है तीन और निजी विश्वविद्यालयों के कलपतियों की छटटी दैनिक जागरण का कहना है एक और निजी विश्वविद्यालय के कुलपति को पद से हटाया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट हिम प्रगति पोर्ट पर अपलोड करें हिमाचल दस्तक के मुताबिक कोरोनाकाल की क्षतिपूर्ति को करें दोगुना काम

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज संबंधी खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिये हुए है स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंडर आएंगे सभी सरकारी व निजी स्कूल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगले साल में लागू हो जाएंगे नियम मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल के उंचे इलाकों में बर्फबारी जारी चार जिलों में आज ऑरैंज अलर्ट आपका फैसला के अनुसार हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी जनजीवन अस्त व्यस्त